दुर्ग में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से चार महिलाएं झुलसी दो की हालत गंभीर

वहीं दो अन्य जवान घायल हो गए हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि बीएसएफ और जिला पुलिस बल का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान परतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहला के जंगल में पहले से घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक हमला कर दिया इस हमले में बीएसएफ का एक सहायक उप निरीक्षक और तीन आरक्षक शहीद हो गए वहीं बीएसएफ के दो अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया जा रहा है इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा है कि बल के महानिदेशक छत्तीसगढ़ जा रहे हैं वे शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल के जवानों के परिवारों से मुलाकात करने के अलावा स्थिति का आंकलन भी करेंगे वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी हमले में शहीद बीएसएफ के जवानों के प्रति शोक व्यक्त किया है साथ ही उन्होंने माओवादी हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है इधर दंतेवाड़ा में छह लाख रूपये की एक इनामी महिला सहित तीन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है इन माओवादियों पर मोदोपल्ली और सालमेटा मुठभेड़ सहित कई अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है लोकसभा चुनाव नामांकन लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था इस चरण में छत्तीसगढ़ सहित बारह राज्यों और दो केन्द्रशासित प्रदेशों की एक सौ पंद्रह सीटों के लिए मतदान तेईस अप्रैल को होगा तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की सात सीटों में से रायपुर लोकसभा क्षेत्र से आज कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे ने बिलासपुर से भाजपा प्रत्याशी अरूण साव ने दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिमा चंद्राकर ने और सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया नामांकन दाखिले के अंतिम दिन तक इन सात सीटों पर कुल एक सौ बावन नामांकन दाखिल किए गए रायपुर लोकसभा क्षेत्र में बत्तीस बिलासपुर में उनतीस कोरबा में इक्कीस सरगुजा में ग्यारह रायगढ़ में चौदह दुर्ग में सत्ताईस और जांजगीर चांपा में अट्ठारह नामांकन दाखिल किए गए हैं नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी सोमवार तक नाम वापस लिये जा सकते हैं निर्वाचन आयोग घोषणा पत्र राजनीतिक दल मतदान समाप्ति के अड़तालीस घंटे पहले तक ही घोषणा पत्र जारी कर पाएंगे भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के घोषणा पत्र के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं विभिन्न चरणों में मतदान की स्थिति में भी यह प्रतिबंध प्रत्येक चरण के मतदान की समाप्ति के अड़तालीस घंटे पहले तक लागू रहेगी इसका उल्लंघन अब आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को पत्र लिखकर नए निर्देशों और प्रावधानों के बारे में सूचित कर दिया है आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में किए जाने वाले वायदों को लेकर आपत्ति नहीं है लेकिन दलों को ऐसे वायदों से बचना चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को धूमिल करती है साथ ही मतदाताओं के विवेकपूर्ण निष्पक्ष और स्वतंत्र परिवेश में मताधिकार के इस्तेमाल को गलत ढंग से प्रभावित करती है आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र में उल्लेखित बातें संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों और सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होना चाहिए साथ ही आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों की तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए मतदाताओं को बेहतर माहौल देने वाला होना चाहिए आयोग ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करने की अवधि को आदर्श आचार संहिता में शामिल किया है गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों से चर्चा कर चुनाव घोषणा पत्र की विषयवस्तु के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करने निर्देशित किया था भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद घोषणा पत्र को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं सुब्रत साहू समीक्षा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगाई गई है वे पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कार्य करें श्री साहू ने कल बीजापुर के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लोकसभा चुनाव से जुड़े कार्यो की समीक्षा बैठक में कहा कि कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे आचार संहिता का उल्लंघन हो श्री साहू ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वीप कार्यक्रम जारी रखा जाए ताकि शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को पूरा किया जा सके निगरानी टीम सामान जब्त लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग की निगरानी टीमों ने अब तक प्रदेश में एक करोड़ चार लाख रूपये कीमत की सामग्री और नकद राशि जब्त की हैं वहीं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार मामले भी दर्ज किए गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान दो अप्रैल तक चालीस लाख छियानवे हजार रूपये नकद राशि जब्त की गई है वहीं छह लाख छियालीस हजार रूपये कीमत की तीन हजार पांच सौ छिहत्तर लीटर शराब भी जब्त की गई है इसके अलावा इस अभियान में लैपटाप साड़ी प्रेशर कुकर जैसे सामान भी जब्त किए गए हैं इधर बेमेतरा में निगरानी दल ने जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवको के पास से ग्यारह लाख तिरसठ हजार रुपए जब्त किया है ये दोनों युवक दोपहिया में सवार होकर कवर्धा से बेमेतरा जा रहे थे सुरक्षा बल प्रशिक्षण प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माओवाद प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है इस सिलसिले में कोंडागांव और नारायणपुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों को विस्फोटक सामग्रियों तथा बम के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण में जवानों को बम की छानबीन बम के प्रकार और बम से होने वाले नुकसान तथा बचाव के बारे में बताया गया निर्वाचन आयोग शिकायत समिति भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य कर विभाग द्वारा माल के क्रय विक्रय और वितरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए टेलीफोन नंबर जारी किए गए हैं विभाग द्वारा शिकायतों की जांच के लिए छह समितियां गठित की गई हैं एक समिति राज्य कर विभाग के मुख्यालय में गठित की गई है ये समितियां प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच व्यावसायियों के लेन देन के डाटा से करेंगी आबकारी आयुक्त बैठक आबकारी आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि शराब द्वकानों में मूल्य सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्थिति में तय कीमत से अधिक दर पर शराब की बिक्री न हो आज राजधानी में रायपुर और दुर्ग राजस्व संभागों के जिला आबकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ चल रहे छापामार अभियान की समीक्षा की साथ ही दोनों संभागों की शराब दुकानों में शराब की कीमतों पर नियंत्रण रखने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तरीय नियंत्रण कक्षों को हमेशा चालू रखें और उनमें मिलने वाली शिकायतों को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई की जाए पटाखा फैक्ट्री आग दुर्ग में आज एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से चार महिलाएं झुलस गई हैं घटना अंजोरा थाना चौकी अंतर्गत महमरा स्थित पटाखा फैक्ट्री की है जहां काम करने के दौरान अचानक आग लगने से चार महिलाएं झुलस गई इनमें से दो महिलाओं की हालत गंभीर बताई जाती है सभी घायलों को भिलाई स्थित सेक्टर नौ अस्पताल में भर्ती कराया गया है इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल वाहनों ने आग पर काबू पा लिया है भोरमदेव महोत्सव कबीरधाम में कल से शुरू हुए भोरमदेव महोत्सव में प्रदेश के ख्याति प्राप्त कलाकारों और स्कूली बच्चों द्वारा दी जा रही प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया कलाकारों ने जहां छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं लोक संस्कृति और तीज त्यौहारों पर आधारित गीत तथा नृत्य की प्रस्तृति दी वहीं ओडिसी नृत्यांगना पूर्णश्री राउत ने शिव की महिमा डॉक्टर आकांक्षा विश्वकर्मा ने शिव प्रस्तुति और कत्थक नृत्यांगना पलक तिवारी ने चतुरंग और सूफी कत्थक नृत्य कर अपनी भाव भंगिमाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया गौरतलब है कि दो दिवसीय इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है डीजी आकाशवाणी बैठक लोकसभा चुनाव में रेडियो की भूमिका को लेकर आज आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक ईरा जोशी और अपर महानिदेशक कार्यक्रम के अलावा प्रशासन डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे इस दौरान इन्होंने रायपुर स्थित आकाशवाणी के समाचार एकांश के नैमित्तिक सहायक समाचार संपादकों समाचार वाचक और वाचिकाओं के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली